जयराम पीसी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए आर्थिक सुधारों को ऐतिहासिक बताया है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देशभर में इन आर्थिक सुधारों का व्यापक असर देखने को भिल रहा है और विदेशी निवेश पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उन्होंने कहा कि ये आर्थिक सुधार देश में कुछ अरसे से चल रही मंदी के प्रभाव को कम करने में मददगार होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से जीएसटी में भारी छूट दी गई है और इससे होटल कारोबारियों को व्यापक लाभ भिलेगा जयराम ठाकूर ने कहा कि अमरीका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में शिकागो के साथ शिमला की बात करेना हिमाचल के लिए गौरव की बात है

उन्होंने केन्द्र सरकार की ओर से प्रभार्वितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया

बिलासपुर जिले की सुई सुरहाड़ पंचायत में पशु मंडी व किसान मेले के समापन ैथवसर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष एक लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में अखाड़ा व भुंतर बैली पुलों को जल्द बहाल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कुल्लू में आज जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को देखते हुए इन पुलों पर जल्द से जल्द यातायात बहाल होना चाहिए गोविंद ठाकुर ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बिजली महादेव को हर हालत में सड़क सुविधा से जोड़ने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ये योजना बीमारी और गरीबी के कुचक को ं तोड़ेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ता व किफायती बनाएगी इस अवसर पर शिमला के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कमार ने बताया कि आज से ही नामांकन भरने की प्रकिया शुरू हो गई है पहले दिन आज दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया

तीन अक्तूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकते हैं शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाएगा शिमला में आज अंतर महाविद्यालय महिला बैडभिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों के बिना विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेलों को शिक्षा के साथ जोड़ने पर कार्य किया जा रहा है

हमीरपुर जिले के भोरंज में आज भाजपा द्वारा अयोजित राष्ट्रीय एकता अभियान कार्यकम में उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दल इस मुद्दे पर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं